और चक्रवाती दबाव के कारण प्रदेश में कई स्थानों पर बूंदाबांदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कल ही देशभर में दिपावली का त्यौहार भी मनाया जायेगा श्री मोदी ने इसी कार्यक्रम की पिछली कड़ी में राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देशवासियों से दिवाली का त्यौहार सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया था

ये भी जरूर देखना कि दिवाली के दिनों में पटाखे वगैरह से कहीं आगजनी कहीं किसी व्यक्ति का नुकसान न हो जाए आइए मिलजुल करके उमंग से उत्साह से नये सपने नये संकल्प के साथ हम त्यौहारों को भी मनाएं फिर एक बार बह्त बह्त श्रमकामनाएं मन की बात कार्यक्रम कल आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध रहेगा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो तथा डी डी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों से सीधा प्रसारित किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तूरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य में हरित आवरण का लक्ष्य सत्रह प्रतिशत पहुंचाने के लिये आठ करोड़ पौधे लगाये जायेंगे श्री कुमार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पटना से राज्य भर में सोलह सौ पचास करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के चलते पेड़ों की कटाई के स्थान पर उन्हें द्रसरे जगहों पर स्थानांतरित करने के उपाय किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत गंगा नदी के पानी को संचित कर शुद्धीकरण के बाद सूखा प्रभावित राजगीर गया और नवादा में लोगों को सालोभर पानी उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कुओं आहर पईन और पोखरों का जीर्णोद्वार भी इसके तहत किया जा रहा है श्री कुमार ने आज इक्कीस जिलों में किसानों के लिये नयी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का शुभारंभ और जल संचयन की एक सौ पचहत्तर योजनाओं का भी शिलान्यास किया उप मुख्यमंत्री सह पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी ने जल जीवन हरियाली अभियान के शुभारंभ के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आज ई वाहन की सवारी की श्री मोदी ने कहा कि आगे उनका प्रयास रहेगा कि ज्यादातर अवसरों पर ई वाहन का प्रयोग करें गौरतलब है कि भारत सरकार के उपक्रम ईईएसईएल ने ऐसी नौ गाड़ियां बिहार सरकार को लीज पर दी हैं इनमें से एक गाड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से प्रयोग कर रहे हैं राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में दीपावली को लेकर बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है आज छोटी दीपावली के अवसर पर बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के साथ ही दीये और मिठाईयां खरीद रहे हैं प्रदेश में हरित और प्रदूषण मुक्त दीपावली को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने लोगों से उच्चतम न्यायालय के निर्दश के अनुसार रात में आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे छोड़ने की अपील की है बाईट दीवाली खुशियों का त्योहार है और उजाले का त्योहार है हम सभी लोगों को ये अपील करते हैं कि वे दीवाली पर उजाला फैलायें और ज्यादा ज्यादा से दीये जलायें और पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करे या कोशिश करें की पटाखें न ही जलाये क्योंकि पटाखों से बहुत ही ज्यादा वायु प्रदूषण होता है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती इकतीस अक्तूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जायेगी इसके भव्य आयोजन के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर हैं

मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद और हावड़ा के बीच चलने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेनों को लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरों और संदेशों से सजाया जायेगा इन दोनों ट्रेनों के नये स्वरूप को सरदार पटेल की जयंती को लेकर समर्पित किया गया है जमुई जिले के चरका पत्थर थाना क्षेत्र के पनारी गांव से सीआरपीएफ के जवानों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से नक्सली छोटे लाल मरांडी को गिरफ्तार किया वहीं गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के बाघमरवा गांव के पास नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी एक निजी कंपनी के चार वाहनों में आग लगा दी राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाये हुये हैं कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुयी मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी ओड़िशा और असम के ऊपर बने चक्रवाती दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुयी है बूंदाबांदी और हवा चलने से प्रदेश में ठंड का एहसास होने लगा है जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर के दो हजार पांच सौ पैंतालीसवें निर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि उनकी निर्वाण स्थली नालंदा जिले के पावापुरी में सुबह शोभायात्रा निकाली गयी और इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है बाईट बड़ी संख्या में देश विदेश से आये जैन श्रद्धालू और धर्मावलंबी पावापुरी में भगवान महावीर की पूजा अर्चना कर रहे हैं यहां जल मंदिर को आकर्षक ढंग से दीपों से सजाया गया है और पूजा अर्चना की जा रही है इधर आज से दो दिवसीय पावापुरी महोत्सव की शुरूआत ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार ने की महोत्सव के दौरान कई जानेमाने कलाकार लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दे रहे हैं आकाशवाणी समाचार के लिये बिहारशरीफ से निरंजन कुमार पटना जिला प्रशासन ने महापर्व छठ की तैयारियों के मद्देनजर आज छठ पूजा पटना नाम से एक मोबाईल एप लाँच किया है जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा कि इस एप के माध्यम से छठ घाटों पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी समेत सभी जानकारियां रहेंगी उन्होंने कहा कि इस एप से बाहर से आने वाले श्रद्वालुओं को विशेष सहायता मिलेगी गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पाली गांव के रहने वाले दिनेश्वर शर्मा को लक्षदीप का उप राज्यपाल बनाये जाने पर स्थानीय लोगों ने खूशी जतायी है बेलागंज में लोगों ने एक दूसरे को मिठाईयां खिलायी और बधाई दी उन्नीस सौ छिहत्तर बैच के आईपीएस अधिकारी श्री शर्मा आईबी के पूर्व निदेशक और जम्मु कश्मीर शांति प्रक्रिया के मामलों में वार्ताकार भी रहे हैं दरभंगा बेतिया नरकटियागंज और सहरसा सहित समस्तीपुर मंडल के चौदह स्टेशनों के बाहर यात्री टिकट सुविधा केंद्र खोले जायेंगे यहां आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकट यात्रियों को मिल सकेंगे समस्तीपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक वीरेन्द्र कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यात्री टिकट सुविधा केंद्र के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि चार नवंबर है उन्होने कहा कि रेलवे इन केंद्रों के संचालन के लिये इच्छुक लोगों को तीन साल के लिए ठेका प्रदान करेगा गोपालगंज पुलिस और विशेष कार्यबल ने संयुक्त कारवाई कर कुख्यात विशाल सिंह समेत छह अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया पकड़े गये अपराधियों पर गोपालगंज और आसपास के जिलों में कई अपराधिक मामले दर्ज हैं

और चक्रवाती दबाव के कारण प्रदेश में कई स्थानों पर बूंदाबांदी